सरकार पटेल की यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है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

श्री मोदी ने कहा कि सरकार पटेल जो जमीन से जुड़े नेता थे अब आसमान की भी शोभा बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री ने हालही में सपन्न हुए पैरा एशियाई खेलों और ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में भारत के अबतक के सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों की लगन और समर्पण न्यू इंडिया की पहचान है श्री मोदी ने कहा कि भारत में पिछले साल सत्रह वर्ष से कम आयु के युवा की फीफा विश्व कल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया था और इस वर्ष हॉकी विश्वकप का आयोजन ओड़िसा की भुवनेश्वर में किया जा रहा है श्री मोदी ने लोगों से भुवनेश्वर में जाकर प्रतियोगिता देखने और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने को कहा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 प्रधानमंत्री ने सामाजिक गतिविधियों के लिए आई टी कंपनियों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में नए अवसर देने के लिए शुरु की गई सेल्फ फॉर सोसायटी का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समाचार विश्व और विशेष रुप से पश्चिमी देश पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहें है और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश में लगे हैं उन्होंने कहा कि जहां भी शांति की चर्चा होगी भारत का नाम और योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिखेगा श्री मोदी ने कहा कि सौ साल पहले ग्यारह नवंबर को समाप्त हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी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 प्रधानमंत्री ने सतत खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिष्ठित फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरुस्कार प्राप्त करने के लिए सिक्किम को बधाई दी श्री मोदी ने आगामी त्योहारों धनतेरस दीपावली भाई दूज और छठ के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक पर्यटन नीति लाएगी और राज्य में फिल्म श्रटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाएगी तवांग महोत्सव के द्रसरे दिन अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं सहित अन्य क्षेत्रों के निवशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विंन्डों क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने और प्रदेश में उनके लिए अनुकूल माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने में फिल्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इस अवसर पर बालीवुड के फिल्म निदेशक इम्तेयाज अली ने आगामी फिल्मों के लिए राज्य में शूटिंग करने में रुचि व्यक्ति किया राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल राजधानी क्षेत्र डॉन बोस्को कॉलेज जोलोम में सांस्कृतिक सह फ़ुडफेस्टिवल का उद्घाटन किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस महोत्सव के लिए शिक्षको और छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि उनके इस कदम से राज्य की समृद्ध परंपरा खानपान और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा पर्यटको आकर्षित करने में मदद मिलेगी और प्रदेश के लोगों को भी फायदा होगा ब्रिटिश काऊंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच आर्थिक विकास और ज्ञान की आकांक्षा को पूरा करने के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग के मसौदे पर हस्तक्षर किए गए इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश काउंसिल अरुणाचल प्रदेश के राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों के पचास फेकल्टी मेंबर्स को प्रशिक्षित करेगी दिसबंर दो हजार अटठारह से अमल में लाये जा रहे इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश काउंसिल राज्य के उच्च एवं तकनिकी शिक्षण संस्थानों के प्रति वर्ष पचास छात्रों को भी अंग्रेजी भाषा कौशल का प्रशिक्षण देगी